प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य आज से हो रहा है शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी की शुरूआत करेंगे इससे देश के दूरदराज इलाकों में रह रहे लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा श्रूआत में देश भर में आईपीपीबी की साढ़े छह सौ शाखाएं होंगी और तीन हजार दो सौ पचास पहुंच केन्द्र होंगे

इस वर्ष के अंत तक देश के एक लाख पचपन हजार डाकघर भुगतान बैंक से जुड़ जाएंगे इन बैंको में बचत खाता चालू खाता पैसा भेजने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था बिलों का भूगतान तथा उद्यमों और व्यापार भूगतान की सुविधाएं होंगी इधर प्रदेश में भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के उद्घाटन की तैयारी पूरी कर ली गयी है राज्य के अड़तीस जिलों के एक एक डाकघर और एक सौ बावन ग्रामीण डाकघरों में पोस्टल बैंक खोले जायेंगे केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज पटना में स्थित प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम में बैंक की शाखा का शुभारंभ करेंगे वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नवादा में आयोजित उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे केंद्र सरकार दो हजार इक्कीस की जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग की अलग से गिनती करायेगी गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुयी एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया आजादी के बाद यह पहला मौका है जब जनगणना में ओबीसी के आंकड़े अलग से जुटाये जायेंगे अभी तक केवल अनुसूचित जातियों और जन जातियों के आंकड़े ही एकत्र किय जाते हैं प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रनरीक्षण का कार्य आज से शुरू हो रहा है अगामी इकतीस अक्टूबर तक सभी जिलों में मतदाता सूची में नये नाम जोड़ने का कार्य किया जायेगा इस दौरान एक जनवरी दो हजार उन्नीस को अठारह साल की आयु पूरा करने वाले युवक और युवतियों का नाम विशेष रूप से मतदाता सूची में दर्ज किया जायेगा

इनके निपटारे के बाद चार जनवरी दो हजार उन्नीस को मतदाता सूची के अंतिम प्रारूप का प्रकाशन होगा मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण मामले का मूख्य आरोपी ब्रजेश ठाक्र समेत सभी दस आरोपियों की आज विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेशी होगी सुरक्षा के मद्देनजर इन सभी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत के समक्ष पेश किया जायेगा इधर पटना में राजीवनगर थाना क्षेत्र के आश्रय गृह आसरा होम में एक और संवासिन की मौत हो गई है मृतका मूकबधिर थीं और अगस्त महीने में आरा में लावारिस हालत में मिली थी इससे पूर्व बारह अगस्त को भी आसरा होम की दो संवासिनों की मौत हो गई थी वहीं दस अगस्त को इसी आश्रय गृह के ग्रिल को काटकर चार लड़कियों ने भागने का प्रयास किया था इस वर्ष एक मई को शुरू हुये आसरा होम की दो संवासिनों की मौत के बाद आसरा गृह को चलाने वाले अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन की कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल और सचिव चिरंतन कुमार फिलहाल जेल में हैं इधर पटना में नेपाली नगर स्थित आसरा गृह से भागने वाली दो संवासिनों का भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला है केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर राजग के घटक दलों के बीच कोई विवाद नहीं है उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है श्री कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है और उनकी पार्टी चाहेगी कि श्री मोदी ही अगली बार भी वे देश के प्रधानमंत्री बनें उन्होंने कहा कि राजग में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखकर ख्श नहीं हैं राज्य सरकार ने बिहार पुलिस में एसआई और एएसआई के लगभग आठ हजार नये पद सुजित किये हैं अलग अलग जिलों के लिये सुजित किये गये इन पदों पर जल्द ही बहाली की जायेगी राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे लंबित परीक्षाएं तय समय सीमा के अंदर संपन्न करवायें पटना में सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिकुलपतियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया गया प्रदेश में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने के कारण कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है मॉनसून की ट्रफलाईन नवादा के ऊपर से होकर गुजर रही है जिससे पिछले छत्तीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश दर्ज की गयी है प्रदेश की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गयी है गंगा कोसी बागमती कमला बलान और महानंदा नदी विभिन्न स्थलों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना जिले के गांधीघाट में खतरे के निशान को पार कर गया है वहीं सोन नदी का जलस्तर पटना जिले के मनेर में खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है नदियों में उफान से निचले इलाके में पानी फैल गया है लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं इधर बागमती नदी मुजफ्फरपुर जिले में बेनीबाद के पास खतरे के निशान के ऊपर बह रही है कमला बलान झंझारपुर में कोसी नदी बसुआ बलतारा और कुरसेला में और महानंदा नदी ढेंगरा घाट और झाबा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है रेल यात्रियों को आज से रेल टिकट बुक करवाने पर मुफ्त में बीमा का लाभ नहीं मिलेगा यह सुविधा स्वैच्छिक होगी इसके लिये यात्रियों को भुगतान करना होगा इधर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो जाने के बाद अब रिटर्न दाखिल करने पर करदाता को जुर्माना देना होगा इकतीस दिसंबर के पहले रिटर्न फाइल करने पर पांच हजार और उसके बाद दस हजार जुर्माना देना पड़ेगा पांच लाख रूपये से कम आय वालों को एक हजार रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पूर्व मध्य रेलवे के मुगलसराय रेल मंडल के डेहरी गया और डेहरी बरवाडीह रेलखंड पर आज पाच घंटे तक रेल सेवा बाधित रहेगी स्टेशन प्रबंधक असीम कुमार ने बताया कि इस दौरान तीन सवारी गाड़ियों का परिचालन भी नहीं होगा

मेगा ब्लॉक के कारण महाबोधि एक्सप्रेस भी गया से नई दिल्ली विलंब से जाएगी बिहार राज्य अंडर नाईन शतरंज प्रतियोगिता आज से पटना में शुरू हो रही है प्रतियोगिता में तीस शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं चार सितंबर से नौ सितंबर तक पटना सिटी के मनोज कमलिया स्टेडियम में ईस्ट जोन सब जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल को क्वालीफाइंग राउंड मुकाबले खेले जायेंगे पूर्व भारतीय खिलाड़ी और उन्नीस सौ बानवे में विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके सुब्रतो बनर्जी बिहार रणजी टीम के कोच बनाये गये हैं वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय रात्रा को बिहार अंडर टवेंटी थी टीम अशोक कुमार को अंडर नाईंटीन और अली रशीद को अंडर सिक्सटीन टीम का कोच बनाया गया है बारह सितंबर से पटना में मलखंभ का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा पटना पुलिस ने लोगों को आतंकित करने वाले बाइकर्स गिरोह के उन्नीस सदस्यों को गिरफ्तार किया है पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने बताया कि पकड़े गये अपराधियों के पास से दो पिस्तौल दो कारतूस तीन मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल फोन बरामद किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने लिखा है जनगणना में होगी ओबीसी की गिनती दैनिक जागरण लिखता है हिंसा से मोदी सरकार गिरान की थी तैयारी अखबार की एक अन्य खबर है राबड़ी और तेजस्वी को जमानत दैनिक भास्कर ने पानी में से होकर स्कूल जाते बच्चों की तस्वीर देते हुये अपनी स्पेशल रिपोर्ट में लिखा है न गांव में स्कूल न नदी पर पुल ऐसे पढ़ने जाते हैं बच्चे प्रभात खबर की सुर्खी है लालू प्रसाद के खिलाफ वारंट राबड़ी व तेजस्वी को जमानत

प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य आज से हो रहा है शुरू